बाद में उन्होंने कृषि विभाग द्वारा आयोजित किसान मेले का शुभारंभ भी किया

उन्होंने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से संबंधित क्षेत्रों के हजारों लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी विधायक प्रकाश राणा की उपस्थिति में एक जनसमूह को संबोधित करते हुए राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में पेयजल समस्या से निपटने के लिए सौ करोड़ रुपये की विभिन्न पेयजल परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है राजीव सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि सरकार लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं एक ही छत्त के नीचे उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है वे कल कसौली विधानसभा क्षेत्र की जावली पंचायत में बनने वाले संयुक्त कार्यालय भवन के निर्माण के लिए अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि एक ही छत्त के नीचे सभी सुविधाएं मिलने से जहां लोगों के धन की बचत होगी वहीं उनका समय भी बचेगा शिवरात्रि महाशिवरात्रि का पर्व आज प्रदेशभर में धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी जिलों में शिव मन्दिरों को शानदार ढंग से सजाया गया है उधर मंडी शहर में ऐतिहासिक शिवरात्रि मेला कल से पहली जलेब के साथ शुरू होगा छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर में मुख्य देवता कमरूनाग अपने गुरों के साथ मंडी पहुंच गए हैं कांगड़ा जिले के बैजनाथ कस्बे में भी शिव मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है शिव मंदिरों में सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है और श्रद्वालु दूध बिल पत्र फल फूल और शहद से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं मौसम प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों की उंची चोटियों पर हुए हिमपात व निचले क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से तापमान में गिरावट के चलते लोगों को एक बार फिर ठंड का सामना करना पड़ रहा है राजधानी शिमला के जाखू व कफूरी में भी हल्का हिमपात हुआ है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण के शब्द हैं शिमला और सोलन के दो निजी विश्वविद्यालयों ने बेची डिग्रियां दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल के दो निजी विश्वविद्यालयों ने बेच डालीं लाखों फर्जी डिग्रियां अमर उजाला का शीर्षक है दो निजी विश्वविद्यालय पर डिग्रियां बेचने का आरोप यूजीसी ने बिठाई जांच मंत्रिमंडंल के विस्तार को लेकर दैनिक जागरण की ख़बर है चार दिन इंतजार वरना सत्र के पार अटकलों का बाजार गर्म कई चेहरों पर चलती रही चर्चा आपका फैसला बतौर मुख्यमंत्री लिखता है हिमाचल के सड़क नेटवर्क में होगा सुधार नाबाड़ से उठाया प्रदेश के वार्षिक मानक आबंटन में वृद्धि का मामला

इस ख़बर पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है और लिया एक हजार करोड़ लोन खत्म हुई इस साल की लिमिट दैनिक भास्कर की एक ख़बर है स्पेन इटली से लौटे अफसर देंगे फीडबैक क्या सीखकर आए